विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने आज सुझाव दिया कि जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है वहां सरकार नेट स्लेट पास योग्यताधारी युवाओं को पारश्रमिक के आधार पर सहयोजित करें सदन में प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री की ओर से जवाब देते हए उच्च शिक्षा मंत्री भंवरलाल भाटी ने स्वीकार किया कि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है और इसलिए गेस्ट फैकल्टी का प्रावधान है इस पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर ने सुझाव दिया कि योग्यताधारी युवाओं को कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में सहयोजित करने के लिए उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक देने का प्रावधान करें ताकि शिक्षण कार्य सुचारू चले

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने बताया कि दूसरे चरण की सभी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं

राज्य में आज हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में सात लोगों की मृत्यु के समाचार मिले हैं

वहीं बीकानेर जिले की नोखा में एक डम्पर द्वारा राहगीर को कचलने से उसकी मृत्य हो गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजियासर हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है केन्द्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में सुधार किया है

उन्होंने कहा कि इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद मिलेगी आज विश्व रेडियो दिवस है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि रेडियो एक शानदान माध्यम है जो सकारात्मक रूप से लोगो को प्रभावित कर सकता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भीविश्व रेडियो दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है सेना के दक्षिण कमान का अलंकरण समारोह कल जोधपुर में आयोजित किया गया

दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नैण ने कहा कि निस्वार्थ सेवा के ऐसे कृत्यों की मान्यता सेना में रैंक और फाइल को प्रेरित करती है

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट मैच आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हुए

इंग्लैण्ड की ओर से ऑली स्टोन मोईन अली और जैक लीच ने एक एक विकेट लिया

प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम हुआ है